प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कार्य निष्पादन सुधार तथा बदलाव कर रहा है और नये आर्थिक अवसर प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि भारत विकास के लिए मानव केन्द्रित और समावेशी द्रष्टिकोण अपना रहा है

उन्होंने कहा कि भारत प्रतिभा का शक्ति केन्द्र और एक स्वाभाविक सुधारक है जो विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक चुनातियों का सामना कर सकता है

उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाये है

प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी को देश के निर्यात केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है और यह आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रेरक बन सकता है

बाइट मैं हर किसी के काम को आज नमन करता हूं और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तब सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा हूं मैं आपसे प्रेरणा ले रहा हूं अधिक काम करने के लिए आप जैसे लोगों ने संकट में काम किये इनके आशीर्वाद ले रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि बाबा और मां अन्नपूर्णामय आपको और सामर्थय दे और शक्ति दे प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में इस समय आठ हजार करोड रुपये से अधिक लागत की परियोजनाएं चल रही हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के हाल के फैसलों के बाद वहां हस्तशिल्प मधुमक्खी पालन डेयरी वस्त्र उद्योग और मछली पालन जैसे क्षेत्रों में नये अवसर पैदा हो रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करान की कोशिश कर रही है

इन योजनाओं के अंतर्गत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया उन्होंने विशेषकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में न केवल कोरोना के फैलने की गति पर रोक लगाई गइ है बल्कि वहां रोगियों के स्वस्थ होने की दर भी बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री ने वाराणसी में स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी बातचीत की कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जो शहर दुनिया को गति देता हो उसके सामने कोरोना क्या चीज है ये आपने दिखा दिया है केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के विस्तार की जानकारी देते हुए कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को भी पांच महीने बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी

लेकिन आपको पता है हर महीने एक सिलेन्डर सबको लगता ही है ऐसा नहीं है इसलिये पहला सिलेंडर तुरन्त लोगों ने लिया अनेक लोगों ने दूसरा भी लिया लेकिन तीसरा तुरन्त तीन महीने का पीरियड में नहीं लगा है तो अब सितम्बर के अन्त तक यह तीन सिलेंडर जो जून में खत्म होने वाले थे उसकी जगह वह सितम्बर तक उसको अवधी बढ़ा दी गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश देते हुए लोगों से मास्क का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की फिर से अपील की है

आरटीपीसीआर विधि से तीस हजार टेस्ट प्रतिदिन और ट्रनेट तथा एनटीजन टेस्ट के माध्यम से दस हजार टेस्ट प्रतिदिन किये जाये मूख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही होने से संक्रमण प्रसार की संभावना बनी रहती है उन्होंने कहा कि सावधानी बरत कर कोरोना के संक्रमण से बचा जा सकता है मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर झांसी और वाराणसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जनपदों में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है उन्होंने अधिक संक्रमण वाले जनपदों के कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या में वुद्धि करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये और लोगों को मास्क का उपयोग करने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकलने के संबंध में जागरूक किया जाये उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिये विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया सहित पोस्टर बैनर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा लोगों को जागरूक करने की कार्रवाई की जाये

कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है कानपुर में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में पुलिस को विकास दुबे की तलाश थी पुलिस ने उसका सुराग देने वालों को पांच लाख रूपये की राशि इनाम के रूप में देने की घोषणा की थी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में विकास दुबे की गिरफ्तारी स्वीकारते हुए कहा कि उसे उज्जैन में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्होंने कहा कि यह मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है

जब वह महाकाल के लिए प्रसाद खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गया तो दुकान के मालिक ने उसे पहचान लिया और पूलिस को सतर्क कर दिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है जाने माने हास्य अभिनेता जगदीप को आज सूबह मुम्बई के मजगांव में सुपुर्द ए खाक किया गया इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य और करीबी मित्र उपस्थित थे प्रसिद्ध हास्य अभिनेता जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था कल उनके निवास स्थान पर उनका देहांत हो गया था

समाप्त